शिमला में कल देर शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर के भोरंज में सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग का नया डिविजन और चंबा के भंजराडू व सिरमौर के कोलांवालाभूड में आईटीआई खोलने को भी मंजूरी दी हैं

भारतीय जनता पार्टी देशके सभी जिला मुख्यालयों में पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रंद्वाजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगी इधर पार्टी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी भाजपा आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन और श्रद्धांजलि कार्यकम आयोजित करेगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि इस दौरान सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे कांगड़ा ज़िला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी एडीएम और एसडीएम के लिए पुनश्चर्या कोर्स उपायुक्त कार्यालय में आयोजित किया जाएगा

इधर सोलन ज़िले के अर्की विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यकम शुरू किया गया है वहीं ऊना विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में भी ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी देने को लिए कल जागरूकता शिविर लगाए गए

इस रेल सेवा के शुरू होने से प्रदेश वासियों को सहारनपुर के लिए सस्ते और आरामदायक रेल सफर की सुविधा मिलेगी

अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद तिलकराज के अंतिम संस्कार से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला और पंजाब केसरी का एक जैसा शीर्षक है सावित्री ने शादी का जोड़ा पहनकर शहीद पति को दी अंतिम विदाई हर आंख नम दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचली माथे पर अमर होकर विदा हुए तिलक दैनिक जागरण की सुर्खी है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बीच तिलक पंचतत्व में विलीन हिमाचल दस्तक लिखता है शहीद तिलराज पंजतत्व में विलीन आपका फैसला के मुताबिक सीएम ने शहीद तिलकराज को दी अंतिम विदाई वहीं दैनिक सवेरा टाइम्म के अनुसार तिलकराज अमर रहे से गूंजा गांव जंद्रो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है हजारो अनुबंध कर्मियों को रैगुलर करने की कैबिनेट ने लगाई मुहर

दिव्य हिमाचल की एक खबर है संजय कुंडू नए पुलिस महानिदेशक जयराम सरकार ने दी प्रोमोशन आठ और अफसरों को तोहफा

दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय मौसम की दिक्कतें में लिखता है कि बर्फबारी के कारण जनजातीय ज़िलों में हर बार मुसीबतें बढ़ जाती हैं ऐसे क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन सिर्फ मॉकड़िल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए